उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रकिया में आने वाली आपतियों का समयबद्व और सर्वमान्य हल सुनिश्चित किया जाए उन्होंने सभी विभागों को तालमेल से कार्य करने को भी कहा ताकि सभी अनुमतियां और औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सके अनुराग ठाकुर ने इस कार्य में तेजी लाने के लिए अधिग्रहण प्रकिया की हर सप्ताह समीक्षा करने के भी निर्देश दिए

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षकों से विद्यार्थियों में कला पक्ष को और अधिक निखारने के लिए प्रयास करने का आहवान किया है शिक्षा मंत्री आज गेयटी थियेटर शिमला में आरकेएमवी शिमला की पूर्व छात्रा संघ द्वारा आयोजित पेंटिग प्रदर्शनी के शुभारंभ के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है उन्होंने कलाकारों से अपनी रचनात्मकता को सकारात्मक रूप में व्यक्त करने का आहवान किया ताकि देश और प्रदेश का नाम उंचा हो सके सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार आम आदमी की समस्याओं का घर द्वार पर ही समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है सहजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के कोट बेजा गांव में जनसमस्यां सुनने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक समान विकास और लोगों की समस्याओं के त्वरित निवारण की दिशा में कार्य कर रही है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे शिकायतों के समयबद्ध निदान के लिए दूरभाष नम्बर एक एक शून्य शून्य का लाभ उठाएं उन्होंने इस मौके पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग को कुनाई झांगड़ पेयजल योजना की पुरानी पाईपें तुरंत बदलने के भी निर्देश दिए रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में आज देश को एक सशक्त नेतृत्व मिला है उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर देश की उन्नति के लिए मिलकर कार्य करने का आहवान किया रामस्वरूप शर्मा आज जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गलू में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के स्तरोन्नत समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने इस स्कूल को स्तरोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया रामस्वरूप शर्मा ने बाद में स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया उन्होंने स्कूल में बच्चों को कृमि नाशक दवा भी खिलाई सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है सत्ती ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दुष्प्रचार कर जनता और कांग्रेस नेताओं को गुमराह करना मुकेश अग्निहोत्री की पुरानी आदत है उन्होंने इन्वैस्टर मीट के नाम पर सरकार द्वारा फिजूलखर्ची करने के आरोपों को निराधार बताया उन्होंने इन्वैस्टर मीट को लेकर बने सकारात्मक महौल के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सराहना की भाजपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि कांग्रेस शासन काल में निवेशक भ्रष्टाचार के चलते हिमाचल छोडकर चले गए थे रेणुका मेला श्रीरेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेले में लोक कलाकारों को हिमाचल वेशभूषा में कार्यक्रम करना अनिवार्य होगा रेणुका विकास बोर्ड के अध्यक्ष व उपायुक्त सिरमौर आरके परूथी ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करने के दृष्टिगत लिया गया है उन्होंने कहा कि मेले के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसी टीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं मेले के दौरान मांस व मछली की बिकी पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे पंचायत चुनाव प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं में खाली पदों के लिए होने वाले उपचुनाव की प्रकिया आज नामांकन पत्र भरने के साथ ही आरंभ हो गई